इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि वे चौबीस घंटा सातों दिन उपलब्ध है यदि कोई मुख्यमंत्री सुझाव देना चाहे तो बेहिचक उनसे संपर्क कर सकते है उन्होंने ने यह भी कहा कि मास्क अनिर्वाय रूप से लगाएं चलायेक्योंकि इससे संकमण को रोकने में मदद मिलेगी श्री मोदी ने कहा कि सभी के सहयोग से कोरोना महामारी को नियंत्रित करने में सफलता मिलेगी पंजाब और ओडिशा पहले ही लॉकडाउन आगे बढ़ाने की घोषणा कर चुके हैं

राज्य में आज कोरोना संक्रमण के तीन नए मामले सामने आए हैं इसमें एक मरीज राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी इलाके का एक हजारीबाग जिले का एक और एक कोडरमा का है स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने तीन नए कोरोना पॉजिटिव मामले पाए जाने की पुष्टि कर दी है इस तरह झारखंड में अब संक्रमित मरीजों की संख्या सत्रह हो गई है इसमें आठ रांची के छह बोकारो दो हजारीबाग और एक कोडरमा का है हमारे हजारीबाग संवाददाता ने बताया है कि यहां जो नया कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है वह विष्णुगढ़ प्रखंड का रहने वाला है और मुंबई से वापस आया था छह अप्रैल से हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आईसोलेषन वार्ड में भर्ती था स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राज्यों से अपील की है कि वे आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप के उपयोग को बढ़ावा दे ताकि कोरोना के विरूद्व संघर्ष में पूरा देश एकजुट हो सके उन्होंने कहा कि राज्यों के साथ मिलकर कोरोना की रोकथाम नियंत्रण और प्रबंधन की सर्वोच्च स्तर पर निगरानी की जा रही है डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि अगले कुछ सप्ताह बेहद महत्वपूर्ण है इसलिए लोग परस्पर सुरक्षित दूरी बनाये रखे उन्होंने देश में कोरोना के इलाज के लिए विर्शेष रूप से तैयार किए गए उन्नीस अस्पतालों की स्थिति की भी समीक्षा की उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले में ऐसा अस्पताल बनाये जाने की जरूरत है हजारीबाग जिले में अनाज वितरण में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ प्रषासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है इस सिलसिले में कल आठ डीलरों के लाइसेंस निलंबित कर दिये गये है इसमें बरकट्टा प्रखंड में एक कटकमसांडी प्रखंड में दो चलकुषा प्रखंड में एक चौपारण में दो चुरचू प्रखंड में एक और विष्णुगढ़ प्रखंड का एक डीलर शामिल है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

अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्विज्ञान संस्थान और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल नई दिल्ली के प्रोफेसर और कंसल्टेंट डॉक्टर एके वार्ष्णेय कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे आप टोल फ्री नंबर एक आठ शून्य शून्य एक एक पांच सात छह सात पर कॉल करके विशेषज्ञों से सवाल प्रछ सकते हैं यह विशेष कार्यक्रम आज रात नौ बजकर दस मिनट से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित होगा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन एआईआर डॉट कॉम और हमारे यू ट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी अपडेट लिए जा सकते हैं राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने आज राज्य के विष्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद कर आवष्यक दिषा निर्देष दिया इस दौरान लॉकडाउन की वजह से शैक्षणिक सत्र विद्यार्थियों की पढ़ाई और परीक्षाओं को स्थगित किए जाने से पैदा हुई स्थितियों की समीक्षा की गयी इस मौके पर विष्वविद्यालयों और महाविद्यालयों द्वारा विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं चलाए जाने के मामले पर भी चर्चा हुई इस मौके पर उच्च षिक्षा सचिव भी मौजूद रहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अनाज वितरण में अनियमितता और कालाबाजारी को रोकने के लिए सभी उपायुक्तों को राषन दुकानों का औचक निरीक्षण करने का निर्देष दिया है हजारीबाग और गिरिडीह में जनवितरण प्रणाली की दुकानों में खाद्यान्न वितरण में बरती जा रही लापरवाही की सूचना मिलने के बाद मुख्यमंत्री ने यह निर्देष दिया है इसके लिए उन्होंने उपायुक्तों को निगरानी दल गंठित करने को कहा है मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी और लॉकडाउन में सभी जरूरतमंदों को अनाज उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है और इसमें कोई कोताही बर्दाष्त नहीं की जाएगी इससे पहले कल उन्होंने कोरोना संक्रमण की रोकथाम बचाव और इलाज को लेकर सांसदों और विधायकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद के दरम्यान कहा कि प्रवासी मजदूरों को डीबीटी के माध्यम से सहायता राषि उपलब्ध कराने की बात कही है

पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने गांव के स्तर पर दाल भात केंद्र और मुख्यमंत्री किचन संचालित करने का सुझाव राज्य सरकार को दिया है इससे ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंदों और गरीबों को भोजन उपलब्ध कराने में सह्लियत होगी झारखंड उच्च न्यायालय में लॉकडाउन के देखते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जरूरी मामलों की सुनवाई होगी इसके तहत नया मुकदमा ईमेल के माध्यम से ऑनलाइन दायर किया जा सकता है इसमें प्रतिवादियों को भी ऑनलॉइन ईमेल पर ही याचिका की कॉपी भेजी जाएगी याचिकाकर्ता को याचिका में यह बताना अनिवार्य होगा कि वह इस मामले की सुनवाई शीघ्र क्यों चाहता है ऐसे सभी मामलों पर मुख्य न्यायाधीष की अनुमति के बाद ही सुनवाई शुरू हो सकेगी इसके लिए अधिवक्ताओं को उनके मामले की सुनवाई की तिथि और समय की सुचना मोबाइल फोन के माध्यम से दी जाएगी गृह मंत्रालय ने इस महीने त्योहारों को देखते हए राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों से किसी भी तरह की सामाजिक या धार्मिक सभा और रैलियों की अनुमति नहीं देने को कहा है गृह मंत्रालय ने राज्यों से अनुरोध किया है कि लॉकडाउन के अनुपालन में प्रशासन सामाजिक और धार्मिक संगठनों तथा प्रबुद्ध नागरिकों का सहयोग लें पूर्णबंदी का उल्लंघन करने वालो पर आपदा प्रबंधन अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कार्रवाई की जानी चाहिए

राज्य सरकार लॉकडाउन के दौरान मनरेगा के मजदूरों को राहत देने की तैयारी कर रही है मनरेगा के तहत नाला मिट्टी कटाई जलसंरक्षण और पौधरोपण आदि जैसे कार्य शुरू किए जा सकते हैं ताकि मजदूरों को काम मिलता रहे कार्य के दौरान सोषल डिस्टेसिंग का कड़ाई से पालन किया जाएगा ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने बताया कि सरकार द्वारा मजदूरों के खाने पीने की व्यवस्था की गई है लेकिन उनकी कई अन्य जरूरतें भी हैं उन्होंने बताया कि इस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री से अनुमोदन लेने के बाद कार्य शुरू कर दिया जाएगा पुलिस मुख्यालय ने कोरोना महामारी और लॉकडाउन के दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को पचास लाख का बीमा देने की अनुषंसा राज्य सरकार से की है पुलिस मुख्यालय में पदस्थापित महानिरीक्षक विपुल शुक्ला ने बताया कि स्वास्थ्यकर्मियों की तर्ज पर ही पुलिसकर्मियों का यह बीमा करने का प्रस्ताव बनाया गया है इधर पुलिस मुख्यालय ने ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों के सुरक्षा उपकरणों के लिए उपकरण खरीदने का पत्र भी गृह विभाग को भेजा है

हालांकि अंतिम रूप से परीक्षा केंद्र के लिए शहर के चयन का अधिकार एनटीए के पास ही होगा

इधर लॉकडाउन उल्लंघन करने के आरोप में लगभग एक सौ लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है